जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक चली बैठक के बाद बताया गया कि राजस्थान इस मामले को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है और यहां स्थिति नियंत्रण में है

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होली के त्यौहार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा प्रदेश में कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध क्षेत्रों में घर घर सर्वे का काम शुरू किया है चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस नियंत्रण गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए

सिर्फ दो लोगों में इस रोग के पोजेटिव लक्षण मिले है जबकि एक की रिपोर्ट आनी बाकी है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जागरूकता बढाई जा रही है

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार से किसानों को ओलावृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा देने और प्रभावित ें किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है श्री पूनियां ने हनुमानगढ़ चुरू और सीकर जिलों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और सरकार से हरसंमव मदद का भरोसा दिलाया

उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि वे नुकसान का आंकलन कर तत्परता से गिरदावरी का काम करवाये इधर प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर रहे है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों की हर तरीके से मदद करेगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद आश्वासन दिया कि किसानों को नियमानुसार अधिकतम फायदा दिया जाएगा बाड़मेर के प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने भी जिले का दौरा कर खराबे का जायजा लिया रिजर्व बैंक ने यस बैंक के ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनका बैंक में जमाधन सुरक्षित हैं रिजर्व बैंक ने ट्वीट जारी कर कहा कि मीडिया में यस बैंक के खाताधारकों की जमा पूंजी को लेकर चल रही बाते निराधार है और किसी भी बैंक में जमा उनका धन पूरी तरह सुरक्षित है सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होली का त्यौहार आज उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है शाम के समय होलिका दहन किया जायेगा और कल रंगों के साथ होली खेली जायेगी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बघाई संदेश में कहा कि होली रंगों का त्यौहार है और समाज के सभी वर्गो को आपस में जोडता है

भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में होती को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है

बीकानेर में भी रंगों के त्यौहार पर परम्परागत रूप से लोकनाट्य रम्मते खेली जा रही है वहां डोरी तोडने की रस्म के साथ लोग एकद्सरे को होली की बधाई दे रहे है इस मौके पर शहर के धरणीघर मैदान में फागणियां फूटबॉल मैच खेला गया जिसमें प्रसिद्ध हस्तियों के स्वांग रचकर लोक कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया